अब समाचार विस्तार से नकवी केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी का विरोध करने वाले सत्य को झूठ से ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं सीएए और एन आरसी पर भारतीय जनता पार्टी के जागरुकता अभियान के अंतर्गत श्री नकवी ने कल मुम्बई में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में मुसलमान किसी मजबूरी के कारण नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के प्रति अपनी बचनबद्वता के कारण रह रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण समाज के एक विशेष वर्ग में सीएए एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर दुष्प्रचार फैला रहे हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके विकास के लिए काम कर रही है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों ैसे अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन से समूचे नेटवर्क पर और एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित किया जायेगा जय किसान किसानों की कर्जमाफी के लिए सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना का दूसरा चरण प्रारम्भ कर दिया है सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविन्द सिंह ने कल भिंड जिले के लहार में आयोजित कार्यक्रम में योजनान्तर्गत किसानों को फसल ऋण माफी पत्रक तथा किसान सम्मान पत्र वितरित किए

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी है प्रदेश में यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है प्रथम चरण में जिन किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया उनके लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि खाते संबंधी कमियों को दूर कर लाभ दिलाया जाये गोविंद सिंह प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आज इंदौर जिले के सांवेर में प्रदेश के पहले किसान समृद्धि केन्द्र का लोकार्पण करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट करेंगे गौरतलब है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने किसान समृध्दि कार्यक्रम के तहत इन केंद्रों को खोलने का फैसला किया है इस केंद्र के बारे में मार्कफेड के मंडल प्रबंधक महेश त्रिवेदी ने बताया कि पहले विपणन संघ के केंद्रों से किसानों को केवल उर्वरक ही उपलब्ध करवाए जाते थे अब इन किसान समृध्दि केंद्रों के माध्यम से किसानों को मानक स्तर के उन्नत बीज कीटनाशक और ं खेती के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी साथ ही इन केंद्रों पर कृषि उत्पाद से जुड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को ं सलाह देने के लिए उपलब्ध रहेंगे

प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है

कल पचमढ़ी में तापमान सबसे कम एक दशमलव दो डिग्री दर्ज किया गया है वहीं टीकमगढ में एक दशमलव पांच और उमरिया में एक दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रहा हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कड़ाके की ठंड से सिवनी उमरिया नरसिंहपुर टीकमगढ़ रायसेन रतलाम जिले में पाला पड़ा और फसलों पर ओस जम गई है राज्य के मालवा निवाड़ बुंदेलखण्ड ग्वालियर चंबल महाकौशल सहित भोपाल संभाग के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में ठण्ड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है बाल विकास इंदौर में कल महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग ने किशोरी बालिका और महिलाओं को जागरुक करने के लिए थाने का भ्रमण करवाया चंदन नगर थाना क्षेत्र की इन किशोरियों और महिलाओं को थाना प्रभारी नरेन्द्र तोमर ने पूलिस और थाने की कार्यप्रणाली की जानकारी दी उन्होंने सलाह दी कि किशोरियों और महिलाओं को अपनी समस्या अभिभावक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुलिस या विद्यालय के शिक्षक को बताना चाहिये

धार जिले के माण्डू में आयोजित किये जा रहे पांच दिवसीय माण्डू उत्सव के दूसरे दिन आज विण्ड म्युजिकल कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे